न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई प्रदेश में अवस्थापना सुविधाओं के विकास से संबंधित योजनाओं के लिए कमेटी का होगा गठन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निर्देश दिये

न्यायालय ने राजीव कुमार को पूछताछ के लिए सीबीआई के समक्ष मेघालय की राजधानी शिलांग में पेश होने को कहा कोर्ट ने कहा कि पूछताछ के दौरान कोलकाता पुलिस आयक्त की न तो गिरफ्तारी की जाएगी और न ही उनके खिलाफ किसी तरह के बलपूर्वक कदम उठाये जाएंगे

कोर्ट सी बी आई की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें आरोप लगाया गया है कि राजीव कुमार घोटाले से जुड़े इलेक्ट्रानिक सब्रतों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और उनकी अध्यक्षता में गठित विशेष जांच दल एस आईटी ने सीबीआई को फर्जी दस्तावेज सौंपे हैं

स्लग सीएम समीक्षा बैठक प्रदेश में अवस्थापना सुविधाओं के विकास और सामुदायिक सेवा से सम्बन्धित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिये एक समिति गठित की जाएगी सोमवार को एक बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसके निर्देश देते हुए कहा कि समिति समय समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों अधिनियम की व्यवस्थाओं को लेकर आ रही समस्याओं का निराकरण कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और समस्याओं का समाधान भी करेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में वन निवासी अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी पीढ़ियों से इन वनों में निवास कर रहे हैं उनके अधिकारों को मान्यता दिये जाने के लिए अधिनियम की व्यवस्थाओं के तहत लाभार्थियों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए स्लग किसान क्रेडिट कार्ड भारतीय बैंक संघ ने बैंकों को परामर्श जारी कर तीन लाख रूपये तक के कृषि ऋण और किसान क्रेडिट कार्ड के लिए प्रक्रिया दस्ता वेजीकरण जांच और अन्य सभी सेवा प्रभार माफ करने का अनुरोध किया है

सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड के तहत वित्तीय समावेशन का अभियान शुरू करने का फैसला किया है विज्ञप्ति के अनुसार इस अभियान की शुरूआत राज्य सरकारों के सहयोग से वित्तीय संस्थानों के जरिये की जाएगी

अमृत योजना के तहत सड़क सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम एवं पार्क अर्बन ग्रीन स्पेश पार्क इत्यादि कार्य के अंतर्गत नगरों का सौन्दर्यीकरण किया जाना है योजना में देहरादून हरिद्वार नैनीताल काशीपुर रुद्रपुर हल्द्वानी रुड़की को रखा गया है और तीन चरणों में पांच सौ तिरानवें करोड़ रुपये के कार्य होने हैं

सोमवार रात को वे देहरादून पहुंचे आर एस ेएस प्रमुख आठ फरवरी तक देहरादून में रहेंगे इस दौरान वे समाज के विभिन्न वर्गो के प्रतिनिधियों के अलावा संघ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे एक समाचार एजेंसी के अनुसार अपने प्रवास के दौरान आर एस एस प्रमुख बुद्धिजीवियों शिक्षाविदों साहित्यकारों लोक कलाकारों और अन्य विशिष्ट जनों से चर्चा करेंगे

सरकारी सूचना के अनुसार आई ए एस एस रामास्वामी को उत्तराखंड परिवहन निगम का अध्यक्ष बनाने के साथ अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश से राज्य संपत्ति विभाग और कौशल विकास सेवायोजन की जिम्मेदारी वापस ले ली गई है अपर मुख्य सचिव रणवीर सिंह को वन एवं पर्यावरण के पदभार से अवमुक्त कर दिया गया है जबकि प्रमुख सचिव मनीषा पंवार से महानिदेशक और आयुक्त उद्योग का पद वापस ले लिया गया है प्रमुख सचिव आनंद वर्धन को पर्यावरण वन एवं पर्यावरण की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है

केंद्रीय मंत्री ने सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग से उत्तराखण्ड उत्तर प्रदेश झारखण्ड में नमामि गंगे कार्यक्रम की समीक्षा की केंद्रीय मंत्री ने गंगा की स्वच्छता बनाये रखने के लिए स्कूलों में जन जागरूकता अभियान संचालित और नमामि गंगे कार्यक्रम में एनसीसी एनएसएस और स्वयंसेवी संस्थाओं की ज्यादा से ज्यादा सहभागिता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये

रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री ने सिद्धार्थ नेगी के माता पिता और पत्नी धुविका को ढाढ़स बंधाया सोमवार को हरिद्वार में सिद्वार्थ नेगी की अस्थि विसर्जित की गई थी

ठंडी हवा चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई मौसम विभाग के मुताबिक छह फरवरी को कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है

सात फरवरी को प्रदेश के उच्च पर्वतीय स्थानों में कहीं कहीं भारी से बहत भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है जबकि निचले इलाकों में बारिश हो सकती है

इस प्रतियोगिता में बच्चों ने अलग अलग विषयों पर मॉडल प्रस्तुत कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया

प्रदर्शनी में सैनिक हाइस्कूल के जीवन जोशी के माँडल वॉटर सिस्टम को पहला पुरस्कार मिला राजकीय इंटर कॉलेज अमस्यारी के छात्र सुरज प्रकाश के मॉडल एनर्जी सेल्फ डिपेंडेंट हाउस को दूसरा और राजकीय इंटर कालेज कर्मी के छात्र दीपक सिंह के एक्सीडेंट प्रीवेंशन इन हिली एरिया बाइ ऑटोमेटिक हॉर्न एंड लाइट्स सिस्टम को तीसरा पुरस्कार मिला गौरतलब है कि इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के अंतर्गत स्कूल प्रशासन को पहले ऑनलाइन नोमिनेशन भरना पड़ता है इसके बाद चयनित स्कूल जिला स्तरीय मॉडल प्रदर्शनी में विज्ञान से जुड़े मॉडलों को प्रदर्शित करते हैं जिला स्तरीय प्रतियोगिता के बाद राज्य स्तर के लिए चयन होता है राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के बाद दस प्रतिशत छात्र छात्राओं का चयन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए होता है

इसके तहत नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया गया साथ ही स्लोगन प्रतियोगिता और मॉक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया जिसमे प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया इस दौरान लोगों को मतदान की शपथ दिलाई गई इस प्रकार के कार्यक्रम हफ्ते भर विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित किए जाएंगे

प्रदर्शनी में कई जिलों के प्रशिक्षित हस्तशिल्पी निर्मित हस्तशिल्प सामग्री देखने को मिल रही हैं मुख्य विकास अधिकारी हसांदत्त पांडे ने कहा कि केंद्र सरकार की एकीकृत हस्तशिल्प विकास योजना के तहत हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देने और हस्तशिल्प को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है उन्होंने कहा कि हस्तशिल्प प्रदर्शनी से क्षेत्र के लोगों को परम्परागत कास्ट वूलन क्रोशिया रिंगाल आदि से बनी चीजें खरीदने को मिलेंगी साथ ही हस्तशिल्प के क्षेत्र में कार्य करने वाले हस्तशिल्पियों को इसका फायदा मिलेगा

शोक में घाट बाजार बंद रहा

क्षेत्रीय भाषाओं के चैनल नीलामी में लोअर रिजर्व प्राइस पर बिडिंग कर सकते हैं